बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया अदालत ने भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी समेत अन्य सभी बत्तीस आरोपियों को बरी कर दिया मामले में अपना फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश एसके यादव ने कहा कि यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक हजार दो सौ पंचानबे मरीजों ने कोरोना को मात दी है हालांकि इस अवधि में एक हजार एक सौ तेइस नए मरीजों की पहचान भी हुई है इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या इक्यासी हजार चार सौ सत्रह हो गई है जिनमें अड़सठ हजार छह सौ तीन मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर चौरासी दशमलव छह सात प्रतिशत हो गई है और अब केवल ग्यारह हजार नौ सौ बैयालीस मामले सक्रिय रह गए हैं

उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में स्वस्थ होने वालों की संख्या नए मामलों की संख्या से काफी अधिक रही है जिससे दोनों के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है स्वास्थ्य सचिव ने यह भी बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सेरो रिपोर्ट से पता चला है कि देश की काफी बड़ी आबादी को कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा अब भी बना हुआ है

उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कोरोना संक्रमित पाये गये हैं उपराष्ट्रपति सचिवालय ने कहा कि श्री नायडू बिना लक्षण के कोरोना संक्रमित हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक है उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है श्री नायड् की पत्नी ऊषा नायड् को जांच में संक्रमण मुक्त पाया गया है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

इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये दिशा निर्देश सराहनीय हैं और समय से जारी किये गये हैं तथा इससे औद्योगिक कामगारों की देखभाल में मदद मिलेगी

इसको लेकर खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने पंद्रह सितंबर से तीस सितंबर तक लाभुकों के चयन के लिए आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित की थी अब विभाग ने आवेदन जमा करने की तिथि पंद्रह अक्तूबर तक बढ़ा दी है इस सिलसिले में विभाग के निदेशक दिलीप तिर्की ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखा है राजधानी रांची समेत राज्य भर में मिठाई बेचने वालों को मिठाई की एक्सपायरी डेट बतानी होगी राज्य में यह व्यवस्था कल से लागू होने जा रही है खाद्य नियामक ने इस नियम को झारखंड में भी लागू करने का निर्देश जारी किया है राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त चंद्रकिशोर उरांव ने कहा कि कल के बाद नियम का पालन न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी वर्ष दो हजार इक्कीस में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा साठ फीसदी सिलेबस पर ली जाएगी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सिलेबस कटौती के प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है सिलेबस कटौती को लेकर जेसीईआरटी के निदेशक की अध्यक्षता में बनी तेरह सदस्यीय कमेटी ने कक्षा नौ से बारहवीं तक के सिलेबस में कटौती का ड्राफ्ट तैयार किया है इसमें जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं के पाठ्यक्रम में कटौती का प्रस्ताव नहीं किया गया है रांची विश्वविद्यालय में वोकेशनल कोर्स के तहत जापानी भाषा की पढ़ाई इसी सत्र से शुरू होगी इसका संचालन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरन लैग्वेजज के तहत किया जाएगा शुरुआत छह महीने के सर्टिफिकेट कोर्स से होगी इसके रांची विश्वविद्यालय और तमाई वनओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बीच करार हुआ है केंद्र सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अनुसार किसानों से खरीफ फसलों की खरीद जारी रखी है

कर्नाटक और तमिलनाड् के तीन हजार नौ सौ इकसठ किसानों से पांच हजार नवासी मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया है पाकुड़ जिले में दीदी बाड़ी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं इस योजना के तहत फल और सब्जियों का उत्पादन कराया जाएगा

अब हज यात्रा पर जाने वालों को आवेदन करने से पहले सरकार को अपने आय का स्रोत बताना होगा इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा आयकर विभाग के क्लीयरेंस सर्टिफिकेट बगैर हज कमेटी आवेदन स्वीकार नहीं करेगी इतना ही नहीं ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी रांची नगर निगम ने शहर की बाइस कंपनियों के बिल्डरों को नोटिस जारी कर उनके द्वारा किए जा रहे निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी है इन बिल्डरों से पर्यावरण क्लीयरेंस का प्रमाणपत्र जमा करने को कहा गया है जब तक प्रमाणपत्र नहीं जमा किए जाएंगे निर्माण पर रोक लगी रहेगी निगम ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम के दो हजार ग्यारह के तहत कार्रवाई की जाएगी नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है पुलिस ने रांची के इटकी से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से हथियार और कारतूस भी मिले हैं वे एक व्यवसायी से दस लाख रुपए रंगदारी लेने गए थे और इसी दौरान वे पुलिस की गिरफ्त में आ गए राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में दो और तीन अक्तूबर को बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल तक रांची में मौसम साफ रह सकता है इसके बाद आसमान में बादल छायेंगे और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है मौसम विभाग ने इस दौरान वजपात होने की भी चेतावनी जारी की है

इसके माध्यम से विद्यार्थियों को आईआईटी और मेडिकल का सिलेबस वीडियो और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी

इनमें एक डेढ साल का बच्चा भी शामिल है जिले में इसी अवधि में पंद्रह नए मामले भी सामने आए हैं

बताया जाता है कि वे सुबह टहलने के लिए निकले थे